लेकिन इसमें पिछले दिनों में रिकॉर्ड बढोतरी हुई है और अब राजस्थान पूरे देश में इस मामले में शीर्ष पर पहंच गया है श्री किशन ने बताया कि पिछर्ले एक डेढ माह में करीब डेढ लाख नये जॉब कार्ड बनाये गये हैं जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या प्रवासियों की हैं

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को भेजे पत्र में कहा कि साफ सफाई भोजन और स्वास्थ्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों के ठहरने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए श्री भल्ला ने कहा कि बसों और ट्रेनों के प्रस्थान के बारे में और अधिक स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि स्पष्टता के अभाव में और अफवाहों के चलते श्रमिकों में बेचैनी देखी गई है उन्होंने प्रवासी महिलाओं बच्चों और बुजुर्गो का विशेष ध्यान रखने को भी कहा है

जयपुर के जिला कलक्टर डॉजोगाराम ने अधिकारियों को शहर में आ रहे प्रवासियों को होम क्वारेंटीन करने के कार्य को प्राथमिकता और पूरी सावधानी से करने निर्देश दिए हैं आज जिला कलक्ट्रेट में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुए व्यक्तियों और पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए लोगों को भी होम क्वारंटीन करने के संबंध में विशेष सतर्कता बरती जाए जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में कोई भी श्रमिक दूसरे राज्यों के लिए पैदल चलते हुए नहीं दिखना चाहिए इसके लिए सभी एसडीएम को बसे उपलब्ध करवाई गई हैं और पुलिस मुख्यालय पर भी अतिरिक्त बसे रखी गई है उन्होंने कहा कि काफी संख्या में ट्रेन भी विभिन्न राज्यों के लिए चलाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में राज्यों की सहमति से ट्रेनों की संख्या में बढोतरी होगी इसे देखते हए सभी एसडीएम अपनी तैयारी रखें उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह में बड़ी संख्या में विशेष श्रमिक बर्से भी चलाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है जिला कलक्टर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि शहर में सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले अनुमति प्राप्त सब्जी ठेलेवाले ही संचालित हों ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके

परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि अन्य राज्यों में बसों को संचालन अभी शुरू नहीं होगा इसके लिए वहां की सरकारों से सहमति ली जायेगी साथ ही राज्य के अंदर ग्रीन जोन में बसों के संचालन के बारे में गृह विभाग से राय ली जायेगी श्री जैन ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में निजी बसों का टैक्स माफ करने के संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है

अब तक तीन हजार दो सौ बत्तीस मरीजों में सकमण खत्म हो गया है इलाज के बाद पुरी तरह ठीक होने पर दो हजार आठ सौ उनहतर मरीजों को अस्पताल से छट्टी दे दी गयी है

सबसे ज्यादा सत्तर मरीज ड्रंगरपूर से रिपोर्ट हुए हैं

उन्होंने अधिकारियों को बाहर से आने वाले लोगों की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करने को भी कहा करौली में आज जिला कलेक्टर मोहन लाल यादव पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल और विधायक लाखन सिंह मीणा ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

विधायक लाखन सिंह मीणा द्वारा कोरोना संकट के दौरान गरीब और असहाय लोगों के लिए पांच हजार कटटे आटा और जरूरत का सामान भी करौली विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंदों के लिए भेजा गया है झालावाड़ जिले के झालरापाटन में एक समाजसेवी संस्था की ओर से रिहायशी बस्ती में महिलाओं पुरूषों और बच्चों को मास्क वितरित किए गए

उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं कराने पर विचार हुआ श्री डोटासरा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा

जिले के बास घासीराम हरिपुरा मेहरादास अलसीसर झटावा खारिया रामपुरा गांवों में टिड्डी दल पहुंचा है वहीं हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र में टिड्डी दल के प्रवेश से किसान परेशान हो गए कृषि पर्यवेक्षक प्रकाश चंद पारीक ने बताया कि टिड़डी दल का पड़ाव देर रात आमेट के बांडा आगरिया में रहा जिसके बाद सुबह काश्तकारों को सुचना दी गई और किसानों ने ढोल बजाकर टिड्डी दल को भगाया जालौर जिले की सायला तहसील के आलवाड़ा खेतलावास सांगाणा और मेगलवा सहित कई गांवों में टिड्डियों के बड़े झुण्ड देखे गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके बाद किसानों ने ध्रंआ करके अपनी फसलों को बचाने का प्रयास किया जिला अधिकारियों ने फसलों पर दवाइयों का छिड़काव भी करवाया है वहीं झालावाड़ जिले से भी टिड़डी दल के आगमन की सुचना है कल रात और आज सुबह टिडिडयों के दल ने खेतों पर हमला कर फसलों को नुकसान पहचाया और गांव वालों ने बरतन बजाकर टिड्डी दल को भगाया जिले के किसान ने बताया कि गांव में आए टिड्डी दल को मध्यप्रदेश की ओर जाते देखा गया

पुलिस महानिदेशक प्रशासन और कानून व्यवस्था एम एल लाठर ने इस बारे में सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग और कोरोना संकमण रोकने संबंधी अन्य नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी